मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलन्दशहर में हुई हिंसक घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कल देर रात अपन सरकारी आवास पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने घटना को गहरी साजिश का हिस्सा बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के अधिकारियों को निर्देश दिये श्री योगी ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों से कड़ाई से निपटा जाये बुलन्दशहर की घटना की गभीरता से जांच की जाये और गोकशी में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये

उन्होंने कहा कि यदि जनपदों में अवैध कार्य होते हैं तो यह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी मुख्यमंत्री ने बुलन्दशहर घटना में मारे गये ग्रामीण सुमित के परिजनों को दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गौरतलब है कि बुलन्दशहर के स्याना में सोमवार को गोकशी को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई हिंसक घटना में स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध कुमार सिंह और एक युवक सुमित की मौत हो गई थी श्री योगी सुबोध कुमार सिंह के परिजनों को पचास लाख रूपये तथा एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं इस मामले में दो पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिनम से एक प्रतिबंधित पशुओं की हत्या से संबंधित तथा दूसरी भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला से संबंधित है मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है इसके अलावा खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोडकर भी जांच कर रहे हैं अब तक पुलिस पर हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मुख्य आरोपी योगेश राज अभी भी फरार है गोवध से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा आज चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलन्दशहर घटना के दिवंगत पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों से भेंट करेंगे यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुलन्दशहर की घटना के बारे में मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है आयोग का मानना है कि प्रशासन और पुलिस इस संवेदनशील मामले को रोकने में असफल रहे हैं गौरतलब है कि बुलन्दशहर में सोमवार को हुई हिंसक घटना में एक पुलिस निरीक्षक और एक ग्रामीण की मौत हो गई थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संचार उपग्रह जी सैट इलेवन के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के सबसे भारी बड़े और अत्याधनिक उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे दूरदराज के इलाकों के जुड़ जाने से करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव आयेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने नवाचार करके उपलब्धियों तथा सफलताओं के उच्च मानकों को बनाये रखा है उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के इस विलक्षण कार्य से हर देशवासी को प्ररेणा मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खेल की भावना सिर्फ खेल मैदान में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में भी अपनाई जानी चाहिये

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये अनेक योजनाएं संचालित की है जिनका नतीजा है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित कर रहे हैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहे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

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की आज समीक्षा की गर्वनर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बैठक के दौरान बैंक दरों को यथावत रखा गया रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को छह दशमलव पांच प्रतिशत बनाये रखा है रिवर्स रेपो रेट भी छह दशमलव दो पांच ही रहेगी रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों से ऋण लेता है बैंक दर पौने सात प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है आज विश्व मृदा दिवस है

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि अगर भूमि का स्वास्थ्य खराब होगा तो उपज विषैली होगी

उन्होंने अधिकारियों से नगर पंचायतों में किसान पाठशाला लगाकर किसानों को जैविक खाद के बारे में जागरूक करने का आहवान किया श्री शाही ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संस्तृतियों को अपना कर किसान भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन दोनों बढ़ा सकते हैं इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सभी राज्यों में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है जो किसी भी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है